पीएम बयान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन की कडी आलोचना करते हुए कहा कि यह गठबंधन भ्रष्टाचार घोटालों और अस्थिरता का गठजोड़ है उन्होंने आज वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये महाराष्ट्र और गोवा के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष को आगामी चुनावों में अपनी हार नजर आने लगी है इसलिए वह बहाने खोजने लगा है उसके नेता इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों का संवैधानिक संस्थाओं से ही विश्वास उठ गया है इसलिए वे उन्हें बदनाम करने में लगे हुए है

श्री ब्रेंडे ने आशा व्यक्त की है कि श्री नाथ के नेतृत्व में मध्यप्रदेश अप्रत्याशित रूप से प्रगति और समुद्धि हासिल करेगा और इस बैठक में शामिल हो रहे प्रतिभागी मध्यप्रदेश में होने वाले सुधारों और दृष्टिकोण से परिचित होंगे आठवले बयान केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि केन्द्र सरकार ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में सामान्य वर्ग के गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षण देकर ऐतिहासिक कार्य किया है लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बडी संख्या में सामान्य वर्ग के गरीबों को फायदा होगा आठवले ने कहा कि आरक्षण के निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि संसद ने इस बारें विधेयक पारित कर दिया है और राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी है

चुनाव नतीजों से कांग्रेस का भ्रम ट्रट जाएगा आज इंदौर में पत्रकारों से बातचीत करते हए उन्होंने विपक्ष के महागठबंधन को महाफूट गंठबंधन बताया और कहा कि एकता के नाम पर इस गठबंधन में वो दल शामिल है जो अपने गठन के बाद से ही कांग्रेस के विरोधी रहे है हुसैन ने मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार को मजबूर सरकार बताते हुए कहा कि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी

इसमें पांच मजदूरों झुलस गये है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार मुलतानपुरा स्थित इस फैक्ट्री में आग के कारणों का कोई पता नहीं लग सका है दमकल की गाड़ियां देर शाम तक आग बुझाने के काम में जुटी हुई है

आग लगने के बाद उनमें से अधिकांश लोग जान बचाकर भागे प्रशासन बचाव और राहत कार्य में लगा हुआ है

आशंका जताई जा रही है कि सुबह घूमने के दौरान उनकी हत्या की गयी है इस हत्या से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां धरना दिया बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना समाप्त किया उधर गृहमंत्री बाला बच्चन ने मीडिया से कहा कि उन्होंने पुलिस को जल्द से जल्द मामले की तहकीकात करने के निर्देश दिये है गौरतलब है कि गुरूवार को मंदसौर में भी भाजपा नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी इस मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने एक के बाद एक पार्टी नेताओं की हत्या पर साजिश की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है उन्होंने कहा है कि इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गयी है भाजपा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के बिगडने का आरोप लगाया है पार्टी ने कल सोमवार को जिला मुख्यालय पर आंदोलन कर राज्य सरकार का पृतला जलाने की घोषणा की है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने मंदसौर और बडवानी में पार्टी कार्यकताओं की हत्याओं की निन्दा करते हए कहा कि इससे साफ है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गयी है और अपराधियों के हौसले बुलंद है श्री सिंह खुद जबलपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे

प्रदेश कांग्रेस के महासचिव राजीव सिंह ने बताया कि श्री गांधी इस दौरान जम्बूरी मैदान में किसानों की एक सभा को संबोधित करेंगे उन्होंने बताया कि सभा में किसानों की अधिकाधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के जिला एवं ब्लाक पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है

लोकसभा प्रभारी प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रभारी नियुक्त कर दिये है पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा को भोपाल प्रतापभानु शर्मा को इंदौर पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को राजगढ़ वरिष्ठ नेता चन्द्रिकाप्रसाद द्विवेदी को सागर विपिन खूजनेरी को ग्वालियर साजिद अली को होशंगाबाद पूर्व विधायक निशंक जैन को जबलपुर नन्हेलाल धुर्वे का छिदवाडा का प्रभारी बनाया गया है

राज्य ग्रामीण अजीविका मिषन के जिला परियोजना प्रबंधक विनीत कुमार गुप्ता ने बताया कि कल नलखेड़ा में भर्ती कैम्प का आयोजन किया जायेगा

खेलो इंडिया प्णे में आयोजित किये गये खेलों इंडिया यूथ गेम्स के अंतिम दिन आज मध्यप्रदेश तीरदांजी अकादमी की खिलाडी मुस्कान किरार ने रजत पदक हासिल किया

खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश के खिलाडियों के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए पदक विजेता खिलाडियों को बधाई दी

इंदौर के पार्टी नेता बाबूसिंह रघुवंशी को इसका संयोजक बनाया गया है